भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर आज जयप्र में आयोजित हो रही है प्रदेशस्तरीय कार्यशाला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुझावों से देश के विकास को नई गति मिलेगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार कृषि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से सकारात्मक बातचीत हुई चालीस से अधिक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री ने कल आर्थिक नीति और भविष्य की राह विषय पर बातचीत की थी प्रधानमंत्री ने अर्थनीति से संबंधित सुझावों और विचारों के लिए सभी संबंधित पक्षों का आभार व्यक्त किया

इसके लिए गठित अंतरमंत्रालय समिति ने कृषि कार्यों में बदलाव और आध्निकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अन्संधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य सरकार के बजट पूर्व तैयारी को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे है बैठक में स्वयंसेवी संगठनों सिविल सोसायटी उपभोक्ता फोरम किसान पश्पालक और डेयरी संघ के पदाधिकारी भाग ले रहे है इससे पहले श्री गहलोत ने कल जयप्र में राज्यस्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी के सुझावों के आधार पर प्रदेश के विकास के लिए समग्र संतुलित और समावेशी बजट तैयार करेगी

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर प्रदेश सदस्यता अभियान संयोजक सतीश पूनिया सह संयोजक सीपी जोशी और प्रदेशभर से आए पदाधिकारी भाग ले रहे है सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनियां ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत उन बूथों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां पर पिछली बार भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की थी कार्यशाला विभिन्न सत्रों में आयोजित की जा रही है

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले मे आज सुरक्षाबलों के घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान हुई मुठमेड़ में दो आतंकवादी मारे गये पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह राष्ट्रीय राइफल्स और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आज सुबह बारिश के बावजूद शोपियां जिले में कीगम क्षेत्र के दारमदोरा गांव में संयुक्त रूप से घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर स्वचालित हथियारो से अंधाधुंध गोलियां चलायीं जवाबी कार्यवाही में दो आतंकवादी मारे गए राष्ट्र आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है

गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉ मुखर्जी को श्रद्दांजलि अर्पित की इस मौके पर श्री नड्डा ने कहा कि श्री मुखर्जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए रणथम्मौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर ख्शखबरी मिली है

बरामद बिस्किट को विभाग ने जब्त कर यात्री से पेनल्टी वसूल की है बीकानेर में पुलिस ने कल सार्वजनिक स्थानों पर जुआ और स्ट्टा खेलने वालों के खिलाफ अभियान चलाया इस अभियान के तहत नया शहर थानाधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग चार दलों का गठन किया गया

झालावाड़ जेल से कल तीन कैदी जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए पुलिस इन कैदियों की तलाश कर रही है

विश्वकप में भारत की यह चौथी जीत हैं मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में तीन विकेट झटक कर हैट्रिक लगाई